विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को समाप्त करने के लिए व्यापक अंतरराष्ट्रीय आतंकरोधी समझौते का किया आह्वान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार ने सबका साथ सबका विकास मंत्र से पिछले चार साल में समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया है कल वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम के तहत बिलासपुर बस्ती चितौड़गढ़ धनबाद और मंदसौर संसदीय चुनाव क्षेत्र के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से उन्होंने यह बातचीत की प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से विपक्षी दलों के द्ष्प्रचार का डट कर सामना करने की अपील की और कहा कि वह सोशल मीडिया पर सरकार के कार्यक्रमों के बारे में फैलाई जा रही गलत जानकारियों का जवाब दें बस्ती जिले में मेरा व्थ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं से नमो एप के जरिये बातचीत करते हुए प्र्यानमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में कांग्रेस ने कई मुद्दों पर झूठ फैलाने का काम किया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सरदार पटेल की प्रतिमा बुलेट ट्रेन और आयुष्मान योजना पर भी दृष्प्रचार किया है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने मध्यम वर्ग के हित के लिए चार सालों में कई कदम उठाये हैं आइये आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री जी की कार्यकताओं से बातचीत की एक कड़ी

बस्ती में हमारे लोगों से मिलते है वहां हमारे सांसद है हरीश द्विवेदी जी ओम प्रकाश जी

प्रधानमंत्री जी से मेरा सवाल ये है कि विपक्ष जो है बहत तमाम झठी खबरे फैला रहा है और उसकी मंगा में ही है कि सरकार और सरकारी कार्यक्रमों पर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो आप गौर करेंगे तो पायेंगे कि पिछले क्छ दिनों में उनके झूठ के पिटारे में से कैसे एक हवा निकली स्टेच्यू ऑफ यूनिटि जो दूनिया का सबसे बड़ा स्टेज मैने बता दिया मेड इन चाइना

दुनिया को सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पीएम आयुष्मान भारत इस पर भी झूठ फैलाना शुरू कर दिया है

क्रिएटिव होना पड़ेगा

अभी मैने उन पर जो झूठ गिनाये है इनसे जूड़े सही तथ्यां का पूरा ब्यौरा लेकर सोशल मीड़िया पर वाट्सएप पर मेरे साथ नमो एप पर आप उसको शेयर कीजिए और ये काम कार्यकर्ताओं की टोली बनाकर रोज कीजिए इस कार्यक्रम के बारे में आकाशवाणी से बात करते हुए बस्ती जिले से सांसद और भाजपा नेता हरीश ट्विवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए मेरा व्रथ सबसे मजव्रत

जिसमें पूरे देश के कार्यकर्ताओं से उन्होंने सवाद किया विशेष रूप से देश भर के पांच जिलों के कार्यकर्ताओं से उन्होंने किया जिसमें बस्ती के कार्यकर्ताओं ने उन्होंने यहां के स्थानीय समस्या के बारे में स्थानीय संगठन के बारे में जानकारी ली इस रूप में इस कार्यक्रम के माध्यम से बस्ती जिले में आमजन मानस में और कार्यकर्ताओं में उत्साह है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिये देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क द्वारा प्रसारित किया जायेगा यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा

भारत ने कहा है कि जलवायू परिवर्तन और आतंकवाद के मौजूदा खतरे विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सीमापार आतंकवाद से पीड़ित है उन्होंने पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और कहा कि उसने छबीस ग्यारह के मुन्बई आतंकी हमले के मुख्य षडयंत्रकारी आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है विश्व के इनामी आतंकवादी पाकिस्तान में स्वतंत्रता सेनानी कहे जाते हैं पाकिस्तान की सरकार उनके सम्मान में डाक टिकटें निकाल कर उन्हें महिमा मंडित करती है ऐसी करतूतों की कब तक हम अनदेखी करते रहेंगे यदि इन हरकतों को कानून बनाकर अभी नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आतंकवाद का ये दानव पूरी दुनिया को निगल जाएगा इस मंच से आप सबको अपील करती हूं कि आतंकवाद की परिभाषा पर सर्वसम्मति बनाकर जल्दी से जल्दी हम सीसीआईटी को पारित करें श्रीमती स्वराज ने कहा कि भारत हमेशा से पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के पक्ष में है लेकिन पड़ोसी देश भारत के खिलाफ आतंकवाद नहीं रोक रहा है पाकिस्तान में नई सरकार आने के बाद वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर यह इच्छा जताई कि न्यूयॉर्क में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की अगर मुलाकात हो जाए तो अच्छा हो हमने उनका प्रस्ताव मंजूर किया लेकिन चंद घंटो बाद यह खबर आई कि जम्मू और कश्मीर पुलिस के तीन जवानों का पहले अपहरण किया और बाद में उन्हें मारकर फेंक दिया क्या ये हरकते बातचीत की नीयत को दर्शाती हैं और क्या ऐसे वातावरण में मुलाकात हो सकती है श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक और सामाजिक बदलाव के लिए कई पहल की हैं जिनसे सतत विकास लक्ष्यों को समय से पहले हासिल करने में मदद मिलेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में दो मोबाइल मेडिकल ट्रीटमेंट वाहनों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया यह वाहन गांव गांव जाकर लोगो को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायेंगे इसके बाद मुख्यमंत्री ने गुरू गोरक्षनाथ चिकित्सालय में आयोजित नेत्र जांच शिविर का शुभारम्भ किया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब कराने के लिए लगातार कार्य किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि गरीबों को पेंशन आवास जैसी सुविधाए भी मुहैया कराते हुए उन्हें जनकल्याणकारी योजनाओं से भी लाभान्वित किया जा रहा है भारतीय सेना द्वारा नियंत्रण रेखा के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर तीन दिवसीय पराक्रम पर्व मनाया जा रहा है मुख्य आयोजन राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर किया गया जिसका उद्घाटन शुक्रवार की शाम रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने किया इस अवसर पर सुश्री सीतारामन ने कहा कि वर्ष दो हजार सोलह में सर्जिकल स्ट्राइक कर भारतीय सेना ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत एक शक्तिशाली देश है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने परसों जोधपुर के सैन्य केन्द्र में तीन दिन की पराक्रम पर्व प्रदर्शनी का उद्घाटन किया देश भर से पराक्रम पर्व मनाए जाने की खबरें मिल रही हैं इस अक्सर पर लखनऊ में सेना की मध्य कमान द्वारा दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजित किया गयाजिसमें सेना द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले हथियारों की एक प्रदर्शनी लगाई गई इस प्रदर्शनी में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान खासतौर पर इस्तेमाल किये गये अत्याधुनिक हथियारों को प्रदर्शित किया गया